प्रधानमंत्री ने इसे माईजीओवी पोर्टल पर साझा करने की अपील की और कहा कि इन प्रयासों से काफी लोगों को मदद मिल सकती है श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ विश्व के लिए नवाचार का उपयोग होना चाहिए कोरोना वायरस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं सरकार ने आज से प्रदेश में मंदिरों और जगरातों सत्संग व भण्डारों पर रोक लगा दी है सभी जिलों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है ऊना जिला के हरोली उपमंडल के खड्ड स्थित बहुद्देशीय भवन को क्वारंटीन व आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है इस बीच सोलन अस्पताल में भर्ती एक संदिग्ध की रिपोर्ट भी नैगेटिव आई है प्रदेश में इस वायरस से संक्रमित अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है रिखी राम कौंडल वरिष्ठ भाजपा नेता व झंड्रता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रिखी राम कौंडल का कल रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया वे एक बार मंत्री पांच बार विधायक और दो बार विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है नियक्ति प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों की नियुक्ति की है

बिंदल ने जिला प्रभारियों व सह प्रभारियों की नियुक्ति भी की है वानर संख्या प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण प्रदेश में बन्दरों की संख्या में कमी आई है वन विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि लाहौल स्पिति को छोड़ प्रदेश के अन्य जिलों में बन्दरों की संख्या के लिए सर्वेक्षण किया गया

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना से बचाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का शीर्षक है आज से बंद रहेंगे प्रदेश के मंदिर जगराते सत्संग व भंडारों पर रोक दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मास्क सेनेटाइजर्स की जमाखोरी पर सात साल कैद पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल में नहीं कोई कोरोना रोगी दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक कोरोना से जंग यात्री वाहनों को इन्फैक्शन मुक्त करेगी सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है सबसिडी छोड़ें देश व प्रदेश को होगा फायदा भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन अवसर पर सीएम ने कार्यकर्ताओं से किया आहवान अमर उजाला का शीर्षक है प्रदेश भाजपा में अब बंद होनी चाहिये स्वागत करने की रिवायत सरकारी स्तर पर भी लेंगे फैसला